दवाई भी और कड़ाई भी यह भी याद रखना है कि बार बार हाथ धोना मास्क पहनना व दो गज की दूरी अभी भी जरूरी है संसद का बजट सत्र कल से श्रू होगा इस सत्र की श्रूआत संसद के दोनों की संय्क्त बैठक में राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के अभिभाष्णा के साथ होगी

केन्द्र सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्चारू पंग से चलाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों से सहयोग के लिए सर्वदलीय बैठक ब्लाई थी

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण ने यूनियन बजट मोबाइल एप्प नामक मोबाइल एप्प् की शुरूआत की है ताकि संसद के सदस्य और आम लोगों को बजट दस्तावेज डिजीटल रूप में आसानी से उपलब्ध हो सके

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्र की सेवा के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी दवारा निभाई गई भूमिका की सराहना की है आज नई दिल्ली में एन एन सी की रैली को सम्बोधित करते हये श्री मोदी ने कहा कि बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान कैडेट ने हमेश लोगों की मदद की है

केन्द्र सरकार ने एनसीसी कैडेटो की भूमिका का विस्तार करने के प्रयास किये है उन्होंने कहा कि सीमाओं और तटवर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए एनसीसी कैडेटों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की बहाद्र बेटियां द्श्मनों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है और देश को उनके इसी साहस की जरूरत है श्री मोदी ने कहा कि भारत को रक्षा साजो सामान की बजाये अब जल्द ही इनके निर्माता के रूप में जाना जायेगा

राज्यपाल श्री आर्य आज राजभवन में ऑनलाईन माध्यम से आयोजित श्री ग्रु रविदास धाम क्रुक्षेत्र की आधारशिला व सामाजिक समरसता भवन के प्रथम तल का उद्घाटन करने के पश्चात सामाजिक समरसता सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे

उन्होंने कहा कि जब जब देश में ऊंच नीच भेदभाव जाति पाति धर्मभेद हआ है तब तब अनेक महाप्रुषों ने इस धरती पर जन्म लेकर समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए भूली भटकी मानवता को जीवन का सच्चा रास्ता दिखाया है

फरीदाबाद में आज एक कोविड मरीज़ की मृत्यू भी हई है

पत्र सूचना कार्यालय एवं क्षेत्रीय आउटरीच बयूरो चंडीगढ़ दवारा स्व्च्छता पख्वाड़ा विषय पर एक वेबीनार करवाया गया जिसमें विशेषज्ञों ने साफ सफाई और स्वच्छता की महत्ता बारे जानकारी दी पत्र सूचना कार्यालय के सहायक निदेशक हिमांश् पाठक ने वैबीनार में भाग वाले का स्वागत करते हये कहा कि लोगों के सहयोग से स्वच्छ भारत अभियान एक जन आंदोलन बना गया है

प्लिस उपाधीक्षक यशपाल खटाना ने बताया कि दिल्ली में किसानों दवारा की गई हिंसा को देखते हये आज धरना स्थल पर जाकर किसानों को समझाया गया किसानों ने धरना स्थल से वापिस जाना श्रू कर दिया है

हरियाणा के प्लिस महानिदेशक श्री मनोज यादव ने बताया कि प्लिस दवारा निरंतर किए जा रहे बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन स्रक्षा मानकों में विस्तार यातायात नियमों का बेहतर प्रवर्तन के साथ सडक़ एवं यातायात स्रक्षा के बारे में निरंतर जागरूकता से ही सडक़ हादसों और इससे होने वाली मृत्यु दर में कमी संभव हो सकी है